इनमें नगरोटा सूरियां में राजकीय महाविद्यालय भवन और अटल आदर्श विद्यालय का लोकार्पण शामिल है नगरोटा सूरियां में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के चहंमुखी विकास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी मेंदभाव के आम आदमी को राहत देने में विश्वास रखती है

उन्होंने नगरोटा सूरियां उपतहसील को तहसील में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की उन्होंने कहा कि घाड़ जरोट में रेल पूर्ल के निर्माण के मामले को केन्द्रीय मंत्री पियूष गोयल के समक्ष रखा जाएगा और सीआरएफ के तहत देहरा ज्वाली सड़क के सुधारीकरण के लिए संभावनाए तलाशी जाएगी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी और सांसद किशन कपूर भी इस दौरान मौजूद रहे योजना केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है इस योजना के अन्तर्गत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण से परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यह परमिट जरूरी दस्तावेज और फीस जमा करने के बाद जारी किये जायेंगे ये नियम पहली अप्रैल से लागू होंगे समी मौजूदा परमिट उनकी वैधता के दौरान लागू रहेंगे परमिट के नए नियम लागू होने से राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा भिलेगा गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने मनाली में आज स्थानीय नगर परिषद की विभिन्न योजनाओं का शुभारम्भ किया उन्होंने मनाली के सौंदर्यीकरण के लिए एक करोड़ रूपए से अधिक की लागत वाली आधुनिक मशीनों को भी हरी झण्डी दिखाई उन्होंने कहा कि पर्यटन गंतव्य होने के कारण मनाली विधानसभा क्षेत्र में सभी गांवों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है विकास कार्य शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला शहर के कैथ् वार्ड में चल रहे विकास कार्यो का आज जायज़ा लिया उन्होंने बताया कि लोअर कैथ् में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनने वाली पार्किंग को और अधिक विकसित करने पर विचार किया जा रहा है उन्होंने क्षेत्र में एम्बूलेंस रोड़ के संबंध में भी लोगों से चर्चा की परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री के आपसी संवाद वाले शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन है इस वर्ष ये कार्यक्रम वर्च्यअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न केवल छात्रों से संवाद करेंगे बल्कि अभिभावकों और अध्यापकों से भी रू ब रू होंगे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्र अध्यापक या अभिभावक माई गोव इनोवेट प्लेटफार्म पर आयोजित परीक्षा पे चर्चा प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं मारकण्डा तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकण्डा ने लाहौल स्पीति जिले में तुपचलिंग बौद्ध मठ से आज एमटीबी साईकिल दौड़ को हरी झण्डी दिखाई

इस अवसर पर मारकण्डा ने उम्मीद जताई कि ऐसे आयोजन से घाटी में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में बीड़ बिलिंग के नमन जबकि जुनियर वर्ग में थोलंग के जॉय कपुर पहले स्थान पर रहे सफाई अभियान सिरमौर जिला प्रशासन ने आज मारकण्डा नदी क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया

चैत्र मेला हमीरपुर जिले में बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध में चैत्र मास मेला शुरू हो गया है